म्रतकों की संख्या बढ़कर चौवालीस हुई राज्य सरकार ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हये बिहार के सभी पांच जवानों के परिवारों को छत्तीस छत्तीस लाख रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से ग्यारह ग्यारह लाख रूपये जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस पच्चीस लाख रूपये दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि सभी शहीद जवानों के एक एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जायेगी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुये बिहार के चार जवानों का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार सहरसा के कुंदन कुमार भोजपुर के चंदन कुमार समस्तीपुर के अमन कुमार और वैशाली के जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर उनके उनके पैतृक गांव पहुंच गया है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ ने शहीद जवान अमर रहे और भारत माता की जय के उद्घोष किये अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है इधर झारखंड के शहीद जवान कुंदन कुमार ओझा का भी पार्थिव शरीर झारखंड भेज दिया गया है शहीद जवान कुंदन कुमार ओझा मूल रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले थे इससे पूर्व कल पटना हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और पुलिस तथा प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की पटना के बिहटा के शहीद जवान सुनील कुमार का अंतिम संस्कार कल प्रे सम्मान के साथ सम्पन्न हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम पांच बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस वर्च्रअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख भाग लेंगे बैठक में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए खगड़िया के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को जीवनयापन के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड लागू किया जाएगा यह अभियान बिहार उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश झारखंड और ओडीशा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है इन जिलों में सत्ताईस आकांक्षी जिले भी शामिल हैं इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से दो तिहाई को रोजगार मिलने का अनुमान है इस अभियान के माध्यम से पचास हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि योजना के तहत श्रमिकों और ग्रामीणों को पच्चीस विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे

गरीब कल्याण रोजगार योजना को ग्रामीण विकास पंचायतीराज सड़क परिवहन और राजमार्ग खदान पेयजल और स्वच्छता पर्यावरण रेल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सीमा सड़क टेलीकॉम तथा कृषि मंत्रालय के समन्वित प्रयासों से शुरू किया जा रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के पांच मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर चौवालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि नालंदा जिले के दो और सारण पश्चिम चम्पारण तथा दरभंगा के एक एक व्यक्ति की मौत हुई है ये सभी दूसरे राज्यों से लौटे थे इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तर दशमलव चार सात प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से अठारह प्रतिशत से अधिक है स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में एक सौ पचासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चार हजार नौ सौ इकसठ हो गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के एक सौ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या सात हजार चालीस हो गयी है कल सबसे अधिक बाईस मामलों की पुष्टि दरभंगा से हुई इसके अलावा रोहतास से उन्नीस पटना से चौदह समस्तीपुर से छह वैशाली से पांच और सीवान से चार मामले सामने आये हैं वहीं जहानाबाद अररिया भागलपुर और गया से तीन तीन तथा बक्सर नवादा मधुबनी कैमूर और किशनगंज से दो दो मामले सामने आये हैं इसी तरह सहरसा मुंगेर मुजफ्फरपुर और अरवल से एक एक पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग के एक वरीय अधिकारी कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं जो पिछले दिनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शाही लीची पहुंचाने दिल्ली गये थे दिल्ली के लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस संक्रमण ज्यादातर मामलों में स्वयं ही ठीक हो जाता है और बहुतकम लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है

खांसना और छींकना दूसरे के ऊपर नहीं है टीशू के ऊपर छींकिए जो पोलिसिज बताई गई हैं उसको नहीं देखेंगे तो ये बढ़ेगा राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि सामुदायिक स्तर पर जांच करवायी जाये और जिनमें भी संक्रमण के लक्षण दिखे उनकी अनिवार्य रूप से जांच हो राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले बहत्तर घंटों में अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की सम्भावना बनी हुई है विभाग ने कहा है कि झारखंड के ऊपर चक्रवाती हवा का एक क्षेत्र बना हुआ है साथ ही एक ट्रफ लाइन दक्षिणी उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और असम के ऊपर से गुजर रही है जिस कारण अच्छी बारिश की सम्भावना है बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में बक्सर और पटना में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है इधर बारिश के कारण राजधानी के निचले हिस्सों में जल जमाव से आम जन जीवन प्रभावित हुआ है राजेन्द्र नगर कंकड़बाग बैंक कॉलोनी कुम्हरार सैदपुर और मंदिरी के कई हिस्सों में सड़कों पर जल जमाव होने से आवागमन प्रभावित हुआ है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश जगहों पर जल जमाव से जन जीवन प्रभावित हुआ है लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कोसी महानंदा गंगा और बरंडी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर चार घंटे में एक सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है कटिहार में महानंदा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की प्रवृति बनी हुई है शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के साथ ही जिले के पिपराही प्रखंड के दोस्तिया गांव के पास तेज कटाव होने लगा है इधर नवादा के सकरी नदी में जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से सड़क सम्पर्क टूट गया है भारी बारिश में रेल पटरियों को सुरक्षित रखने के लिए रेलवे ने सघन पेट्रोलिंग का निर्देश दिया है जिन जगहों पर मिट्टी कटने की आशंका अधिक है वहां लाईन मैन को रात्रि गश्त के भी निर्देश दिये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक समक्षता बढ़ती है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की कक्षा में योग को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने की अनुमति दे दी है इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इसी सत्र से योग की पढ़ाई शुरू हो जायेगी अतिरिक्त विषय के रूप में योग की सौ अंकों की परीक्षा भी होगी अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख अस्सी हजार पांच सौ बत्तीस हो गई है वहीं देश भर में अब तक दो लाख चार हजार सात सौ ग्यारह रोगी ठीक हुए हैं

बिहार विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या एक हजार करने के राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि जिन बूथों पर निर्धारित संख्या से अधिक मतदाता हैं वहां सहायक मतदान केन्द्रों का गठन किया जायेगा बिहार खादी बोर्ड चूनाव आयोग के लिए मास्क बनायेगा उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बोर्ड की वेबसाईट और ई कॉमर्स पोर्टल के लोकार्पण के अवसर पर यह जानकारी दी

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इससे लगभग चालीस हजार रोजगार दिवस का सूजन हुआ कोरोना संकट को देखते हुये पटना हाई कोर्ट में ई फाईलिंग और वर्च्रअल कोर्ट को कारगर बनाने तथा मैनुअल कोर्ट की शुरूआत के लिए सुझाव देने के वास्ते तीन न्यायाधीशों की एक कमिटी का गठन किया गया है रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित यह समिति अधिवक्ताओं के साथ साथ हाई कोर्ट कर्मियों से भी सुझाव लेंगी पटना हवाई अड्डे से फर्जी पहचान पत्र पर यात्रा करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये सभी बेग्सराय के रहने वाले हैं और मुम्बई जाने के क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुये बिहार के जवानों के परिजन को राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान दिये जाने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने शहीदों के आश्रित को छत्तीस लाख रूपये और सरकारी नौकरी दिये जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कल से शुरू होने वाली रोजगार योजना की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है प्रभात खबर ने चीन के साथ जारी विवाद को लेकर आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में सीएम के शामिल होने की खबर को तरजीह दी है दैनिक भास्कर लिखता है एसएसबी की कार्रवाई का डर नेपाल ने दो सौ सत्तर कैम्प को बॉर्डर से पीछे हटाया आज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत के आत्मनिर्भर बनने के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

मृतकों की संख्या बढ़कर चौवालीस हुई